कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में सुधार के लिए केन्द्र ने हिमाचल को दी अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति किसानों के समर्थन में कांग्रेस ब्लॉक व ज़िला स्तर पर आयोजित करेगी सम्मेलन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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भेड़पालन को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए राज्य सरकार नई योजनाओं की शुरूआत सुनिश्चित करेगी वे आज पालमपुर के समीप बनूरी में वूल फेडरेशन द्वारा आयोजित भेड़ प्रजनन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गददी सम्दाय को उच्च ग्णवत्ता की उन मिल सके इसके लिए अच्छी नस्ल के भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे गद्दी लोगों की भेड़ बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने एक करोड़ रूपये से निर्मित जनजातीय समुदाय व प्रशिक्षण केन्द्र का भी उद्घाटन किया उन्होने कहा कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में गरीबों और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार उद्योग मंत्री बिकम सिंह और वन मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे इससे पहले मुख्यमंत्री ने पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी भेंट की

वित्त मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों ने कारोबारी सुगमता के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार किए हैं और इसलिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गए हैं कारोबारी सुगमता बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी तेज होगी सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज हमीरपुर में अधिकारियों और नगर परिषद पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से शहरी विकास विभाग की योजनाएं धरातल पर लागू करने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ रखना शहरी विकास विभाग और शहरी निकाय की प्राथमिकता होनी चाहिए

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इसके लिए ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है स्नो फेस्टिवल लाहौल घाटी की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने के उद्देश्य से पट्टन घाटी के जहालमा में आज स्नो फेस्टिवल मनाया गया इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाएगा और अगले वर्ष घाटी के हर गांव में इसका आयोजन किया जाएगा उन्होंने समूची लाहौल घाटी को टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ने की भी घोषणा की

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इनके माध्यम से ही गांव का संतुलित विकास संभव है सोलन ज़िले के पट्टाबरौरी में जनसुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि सरकार नई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का संतुलित विकास सुनिश्चित बना रही है पठानिया कांगड़ा ज़िले के नुरपुर में स्थानीय नगर परिषद् के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक शर्मा और उपाध्यक्ष रजनी महाजन को एसडीएम सुरेन्द्र ठाकुर ने आज शपथ दिलाई इस अवसर पर मौजूद वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि नुरपुर वीरों की भूमि है ऐसे में इस क्षेत्र का नाम वीरपुर रखने के प्रयास किए जाएंगे

उन्होंने राज्य सरकार पर जनादेश चुराने और पंचायत चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखने का भी आरोप लगाया भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज चुनाव पारदर्शिता के साथ हुए हैं और इसमें पूरी लोकतांत्रिक प्रकिया का ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि भाजपा की भारी जीत से भयभीत विपक्ष इस संबंध में दुष्प्रचार कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है

सम्मान बिलासपुर ज़िले के देहरा गांव के सूबेदार स्वर्गीय संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक मिलने की घोषणा के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज उनके घर पहंचकर उनकी माता कमला देवी और पिता ज्ञान चंद को सम्मानित किया उन्होंने शहीद संजीव कुमार को भी श्रद्वांजलि दी और कहा कि कीर्ति चक पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि राजकीय विद्यालय हटवाड़ का नाम शहीद संजीव कुमार के नाम रखने की मुख्यमंत्री से मांग की गई है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने की दर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है

मौसम प्रदेश में हाल ही में हुए भारी हिमपात के बाद प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं

राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज ध्रप खिली रही जिससे दिन के समय लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है हालांकि कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं लाहौल स्पिति किन्नौर चम्बा कुल्लू और शिमला ज़िले के कई क्षेत्रों में तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है

खादी बोर्ड प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम ग्रुलेरिया की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के निरंतर मिल रहे सहयोग से बोर्ड नई उंचाईयां छू रहा है

इसे जनवरी माह के वेतन के साथ अदा किया जाएगा निगम कर्मचारी संघ के महासचिव राज कुमार शर्मा ने कर्मचारियों की ओर से इसके लिए निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह का आभार जताया है नमस्कार